उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में युद्धस्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य

प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईंधन में बदला जा सकता है उन्होंने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आहवान किया श्री मोदी ने कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा भोजन के महत्व से जुडे एक संस्कृत सुभाषित का उल्लेख करते हए श्री मोदी ने महिलाओं और नवजात शिशओं सहित समी लोगों के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में फिट इंडिया आंदोलन शरू किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सिस वाइल्ड के प्रसारण के बाद लोग वन्यजीवन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे विश्व को भारत की परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसकी उदारता के बारे में जानने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल बाघों की संख्या बल्कि संरक्षित क्षेत्रों और सामूदायिक वनक्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है मन की बात प्रदेशमर में लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सना प्रदेश के सीमांत जिलों में भी लोगों में इस कार्यक्रम के प्रति उत्सुकता देखने को भिली चंपावत जिले के द्रस्थ रीठा खाल में लोगो ने रेडियो में मन की बात को सुना और इसकी सराहना की ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें हर बार नई बातों की जानकारी होती है ग्रामीण धीरज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक पर जो बात रखी वह देश के लिए महत्वपूर्ण है अन्य जिलों में भी लोगों ने समय निकालकर मन की बात कार्यक्रम सुना प्रधानमंत्री ने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उससे आम लोग भी सहमत दिखे अरुण जेटली अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मादन के साथ अंतिम संस्कार किया गया आज उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय लाया गया जहां पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की भाजपा मुख्यालय से निगम बोध घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई निगमबोध घाट पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत योग गुरु स्वामी रामदेव समेत कई लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी अँपको बता दें कि अरुण जेटली को कल दिल्ली के एम्स में निघन हो गया था

राजकीय शोक पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे

पदयात्रा के जरिए लोगों को बेटियों को शिक्षित करने और उनकी तरक्की के लिए सहयोग करने की अपील की गई बागेश्वर नगर में निकाली गई पदयात्रा में बाल विकास विभाग महिला शक्ति केंद्र राष्ट्रीय पोषण अभियान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया उन्होंने कहा कि बगैर बेटी के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है उन्होंने लोगों से कन्या भ्रूण हत्या जैसी कप्रथा को रोकने के लिए समाज में जागरूकता लाने और बालक बालिका के बीच भेदभाव को भिटाने की अपील की कपकोट ब्लॉक और गरूड में भी आंगनबाडी कार्यकत्रियों ने पदयात्रा निकाली पदयात्रा में छात्राओं ने भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया शो टाइम रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत शो टाइम चलाया जा रहा है इसी क्रम में शो टाइम के तहत तूना बौठा में ग्रामीणों के साथ संवाद किया गया

इसके बाद कन्या के माता पिता नियमानसार योजना को जारी रख सकेंगे कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षित करने और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया

बलावट माकली मोन्डा डगोली कलीच टिकोची गांव के आपदा प्रभावित परिवारों को फूड पैकेट्स वितरित किए गए

पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए भी लगातार काम चल रहा है

पल में छेद टिहरी जिले में बिलोन्दी पूल पर सुरक्षा कारणों से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित कर दिया गया है

सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुल पर भारी वाहनों का अस्थाई रूप से आवागमन प्रतिबन्धित कर दिया गया है

सूत्रों के अनुसार वैकलिपक मार्ग के रूप में भारी वाहनों के लिये नगुण चम्बा कंडिसौड मार्ग भी सुचारू रूप से संचालित है

पिछले एक वर्ष में राज्यपाल ने संवैधानिक दायित्वों का गरिमापूर्वक निर्वहन किया श्रीमती मौर्य प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति भी हैं और इस कारण वे उच्च शिक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील रही हैं राज्यपाल ने कलपति और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कुलपति सम्मेलन आयोजित करवाया था उन्होंने बेस्ट रिसर्च अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया राज्यपाल शोध पुरस्कार के लिए स्थानीय भाषा संस्कृति की श्रेणी में पुरस्कार जोड़ा गया

कुलदीप ने जब विस्तृत जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि शीवाजन बिहार के ँकुछ मजदूरों के साथ क्षेत्र में आया था और सेबों की पैकिंग का काम करता था उसी दौरान एक दिन मजदूरों का मालिक से झगड़ा हो गया और वे उसे छोड़ कर रात को ही गांव से चले गए शीवाजन की उम्र उस समय नौ वर्ष थी और उसे अपने गांव या पिता का नाम याद नहीं था सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि उसके घर के पास हवाई जहाज उड़ा करते थे इसी आधार पर कुलदीप सिंह ने इंटरनेट पर बिहार के बड़े हवाई अड्डे के पास बसे गांवों को दूंढना शुरू किया और शीवाजन का गांव दृंढ निकाला काफी प्रयासों के बाद शीवाजन का परिवार भी मिल गया और जल्द ही वे उससे मिलने देहरादून आ रहे हैं